राज्यपाल ने इसे और अधिक बढ़ाने का सुझाव दिया बंडारू दत्तात्रेय ने मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने की परिवहन सुविधा में और अधिक दक्षता लाने के निर्देश दिए

इस दौरान वे जिले में करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अपने प्रवास के पहले दिन आज धर्मशाला में विभिन्न विकास कार्यों और घोषणाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे

वर्चुअल जनसंवाद राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए ऑनलाइन वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है एक सरकारी प्रवक्ता ने कल शिमला में बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लोग प्रदेश में हुई घटनाओं प्रेरणादायक कार्यों व सरकार की योजनाओं के संबंध में अपने सुझाव अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं

ये कार्यक्रम महीने में एक बार सोशल मीडिया रेडियो व द्रदर्शन के माध्यम से प्रसारित होगा इसके अलावा सूचना व जनसंपर्क विभाग और हिमाचल माई गोव द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा गोविंद ठाकुर साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज हुआ है

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स की तरफ से गोबिंद ठाकुर को इस संबंध में सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है आसमानी बिजली चंबा की साहो घाटी की पलनीधार में आसमानी बिजली गिरने से कल शाम तीन लोगों की मौत हो गई नियोला के रहने वाले ये तीनों व्यक्ति पलनीधार में अपने मवेशियों के साथ गए थे मुतकों में पिता पुत्र भी शामिल हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना और शिक्षकों के नियमितीकरण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी के शब्द हैं पी टी ए पैट व पैरा टीचर्स हुए नियमित आदेश जारी

आपका फैसला ने लिखा है पी टी ए पैट व पैरा शिक्षक नियमित अधिसूचना जारी

रामपुर बददी मंडी में हेलीपोर्ट बनाने का काम अवार्ड एक साल में काम पूरा करेंगी कंपनियां दैनिक भास्कर की एक खबर है बादल फटने की खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है किन्नौर में बादल फटा हेलिपैड में घुसा मलवा दैनिक भास्कर के शब्द हैं किन्नौर में बादल फटा सेब बगीचे बर्बाद